लॉकडाउन का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं दिशा निर्देशों के अनुसार रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आपदा प्रबंधन विभाग तथा मौसम विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जैसी पूर्व चेतावनी एजेंसियां बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी उनके अंतर्गत कार्य कर रहे अन्य मंत्रालय और विभागों में उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति रहेगी

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग और आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां खुली रहेंगी

मनरेगा कार्य सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के कड़े अनुपालन के साथ जारी रखने की अनुमति दी गई है

मंत्रिमण्डल ने हॉटस्पॉट और अंतर्राज्यीय सीमा पर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में रैपिड टैस्ट किट खरीदने के निर्देश दिए बैठक में जहां लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और फेस मास्क लगाने का आग्रह किया है वहीं सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते शॉल व टोपी की प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया गया मंत्रिमण्डल ने इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी मोहर लगाई

डीसी सोलन इस बीच सोलन जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है उपायुक्त केसी चमन ने पंचायत प्रधानों उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों से ऐसे लोगों की पहचान करने की अपील की है जो दूसरे जिलों व बाहरी राज्यों से अपने घरों को आ रहें हैं उपायुक्त ने युवाओं से भी लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना संकट के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब व जरूरतमंद तबके को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है कवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक करोड़ सात लाख रुपए का राहत पैकेज प्रदान किया है उन्होंने कहा कि इस राहत पैकेज के जरिये गरीब लोगों को विभिन्न घटकों के रूप में मदद की जा रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है तीन साल का अनुबंध प्रा करने वाले कर्मचारी होंगे नियमित

दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं सूबे में हजारों अनुबंध वे दैनिक भोगी कर्मचारी होंगे नियमित आपका फैसला ने लिखा है तीन साल का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मी होंगे नियमित स्वास्थ्य विभाग में होगी करुणामूलक भर्ती दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते शॉल और टोपी भेंट करने पर पाबंदी प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर पंजाब केसरी की सुर्खी है ऊना में एक और जमाती निकला कोरोना पॉजिटिव

दैनिक जागरण ने लिखा है स्वस्थ जमाती फिर पॉजिटिव ऊना में एक और नया मामला दैनिक भास्कर के मुताबिक हमीरपुर में दो और ऊना में एक व्यक्ति संक्रमित दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल को राहत नहीं एक और पॉजिटिव हिमाचल के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कटेगा आदेश जारी खबर को आपका फैसला ने प्रमुखता दी है मौसम पर पंजाब केसरी का शीर्षक है लाहौल स्पिति और कुल्लू में ताजा बर्फबारी से माइनस में पारा ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान